केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवी और बारहवीं की बची हई परीक्षा को रदद करने के बाद आज नये आंकलन व्यवस्था के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इस अधिसूचना के अनुसार छात्रों को उनके बेहतर प्रदर्षन वाले विषयों में मिले अंक के आधार पर बचे हुए विषयों के नंबर दिये जायेंगे जिनकी परीक्षाएं रद्द हो गयी है सीबीएसई ने कल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दसवीं और बारहवी की बची हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है ये परीक्षाएं एक से पन्द्रह जुलाई के बीच होनी थी आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि वह इस संबंध में अधिसूचना जारी करे और छात्रों के लिए आंकलन व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करें जामताड़ा में जिले के रानीडीह गांव में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है संक्रमित व्यक्ति गिरिडीह से जामताड़ा शादी समारोह में भाग लेने आया था युवक तमिलनाडु के कोयंबटूर से लौटा था

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने केंन्द्रीय गृह सचिव को राज्य में सभी नन कंटेनमेंट जोन में आवष्यक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से षुरू करने की अनुमति देने को कहा है कंटेनमेट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को छूट दी गयी है उनमें ई कॉमर्स गतिविधियों आवष्यक और गैर आवष्यक वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में बिना दर्षकों के खेल की अनुमति और खुली जगहों पर दौड़ मॉर्निंग वाक तथा व्यायाम की छूट होगी राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों को गृह मंत्रालय के दिषा निर्देषों का सख्ती से पालन करने को कहा है इधर कटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में तीस जून तक लॉकडाउन बढाने को भी कहा गया है लॉकडाउन वन के बाद अनलॉक वन में भी बाहर राज्य से प्रवासियों का गृहजिला वापसी का सिलसिला जारी है आज इसी क्रम में त्रिपुरा के जिरानिया में फसे प्रवासी स्पेशल श्रमिक ट्रेन से लातेहार पहुंचे जहां अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप डीआरडीए निदेशक पंकज कमार सिंह एसडीओ सागर कुमार एवं डीटीओ बंधन लांग समेत जिले के प्रशासनिक पुलिस एवं रेलवे के अधिकारियों ने स्वागत किया श्रमिक ट्रेन से पहंचे सभी श्रमिको को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं अन्य सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन के बोगियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाते हुए उतारा गया एव श्रमिको को मास्क सेनेटाइजर मेडिकल किट एवं राशन भी उपलब्ध करवाए गए जिसके बाद सभी श्रमिको को सुरक्षित वाहनों के द्वारा पोलिटेक्निक कॉलेज भेजा गया जहां स्वास्थ्य टीम द्वारा श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी पूरी जानकारी लेकर उन्हें होम क्वारंटीन के लिए सुरक्षित वाहन द्वारा उनके घर भेजा जाएगा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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूरों को बहुत आशा व उम्मीद है

प्रवासी मजदूरों को यह उम्मीद है कि इस योजना के तहत उनके कौशल के अनुरूप कार्य मिल सकेगा और उसके अनुसार राशि भी उन्हें मिल पाएगी

पीड़ित व्यक्ति ने वाहन के कागजात थाना में जाकर मुंशी को दिखाया था लेकिन मुंशी बिजेन्द्र कमार राय बिना रिष्वत लिये मोटरसाइकिल छोड़ने को तैयार नहीं था मुंशी के साथ कांड में संलिप्त पाए जाने पर चौनपुर थाना के चौकीदार नंदन मांझी को भी पकड़ा गया दोनों को गिरफ्त में लेने के बाद उन्हें एसीबी कार्यालय लाया गया यहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा जमषेदपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से लॉकडाउन के दौरान सात हजार एक सौ उनसठ लोग अॅपने खाते से राषि निकालकर काम कर रहे हैं

उधर हरला थाना पुलिस ने वैधमारा गांव के तालाब से एक युवक का शव बरामद किया है जिसकी अभी पहचान नहीं हो सकी

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पष्विमी मॉनसून के आगे बढ़ने से झारखंड के कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई है कई इलाको में वजपात के दौरान लोगों की जान भी जा चुकी है पलामू जिलें के हसैनाबाद छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र में वज्रपात की अलग अलग घटना में दो की मौत हो गई मोहमदगंज थाना अंतर्गत गोराडीह पंचायत के भाली गांव में एक व्यक्ति की मवेषी चराने के दौरान शुक्रवार को सुबह वजपात से मौत हो गई

चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि फार्म में स्थानांतरित किए गए सब्जी मंडी में लगातार बरसात होने से पानी भर गया है